प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी पच्चीस नवम्बर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विवार केन्द्र सरकार ने दृष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों के त्वरित निपटारे के लिए एक हजार से अधिक विशेष अदालतों के गठन को दी मंजरी कानपुर के चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित तीन दिवसीय यूपी डिफेंस एक्सपो दो हजार अट्ठारह का कल समापन हो गया समापन सत्र को संबोवित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश में आयोजित इंवेस्टर समिट के दौरान राज्य में डिफ्रेंस कॉरिडोर की घोषणा की थी डिफ्रेंस कॉरिडोर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का महत्वपूर्ण स्थल होगा श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदलने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं जिसका फायदा धीरे धीरे अब मिलने लगा है उन्होंने कहा कि यहां सुरक्षा का माहौल बना है तथा निवेशकों की समस्याओं का निराकरण कर सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से उन्हें आकर्षित किया गया है इंवेस्टर समिट के दौरान राज्य में चार लाख अड़सठ हजार करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे और उद्यमियों ने यहां निवेश करने में बड़ी रूषि दिखाई है उन्होंने कहा कि दिसम्बर माह में लगभग एक लाख करोड़ रूपये का निवेश प्रदेश में होने जा रहा है एक्सपो के दौरान सुरक्षा उत्पादनों से संबंधित कई विषयों पर संगोष्ठियों का आयोजन किया गया डिफेंस एक्सपो का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने हेतु प्रदेश के निजी क्षेत्र के उद्यमियों का सहयोग प्राप्त करना था राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि उच्च शिक्षा दिलाने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि पुरूष और महिला समाज के दो महत्वपूर्ण घटक है दोनों घटक जब सशक्त होंगे तमी विकास होगा

उन्होंने कहा कि महिला और पुरूष गाही के दो पहिये है एक भी पहिया कमजोर होगा तो गाही आगे नहीं बढ़ सकती उन्होंने कहा कि महिला संस्कारवान समाज का निर्माण करती है श्री नाईक ने लोगों से महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान करने का आह्वान किया उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा दो हजार सोलह का परीक्षा परिणाम कल घोषित कर दिया इस परीक्षा में छह स्ती तैतीस पदों के सापेक्ष एक हजार नौ सौ तिरानवे अम्यर्थी साक्षात्कार के लिए सफल हुए हैं गौरतलब है कि मुख्य परीक्षा में बारह हजार नौ सौ एक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था साक्षात्कार की तिथि बाद में घोषित की जायेगी केन्द्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने कहा है कि गंगा की स्वच्छता के लिए सरकारी प्रयासों के साथ जन सहमागिता की बह्त आवश्यकता है सुश्री उमा भारती कल कन्नौज में गंगा ग्राम स्वव्छता सम्मेलन को संबोधित कर रही थी

उन्होंने कहा कि देश में जैविक उत्पादों का बड़ा बाजार है और जैविक खेती से किसान कई गुना अधिक मुनाफा कमा सकते है पर्यावरण संतुलन के लिए गंगा के किनारे गांवों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण कराया जायेगा उन्होंने कहा कि दो हजार चौदह में गंगा का स्वच्छता स्तर अडतीस प्रतिशत था जो अब बढ कर नब्बे प्रतिशत हो गया है राज्य की एक सौ उन्नीस चीनी मिलों में से छिहत्तर ने गन्ना पेराई का काम शुरू कर दिया है अन्य चीनी मिले भी पच्चीस नक्म्बर तक चालू हो जायेंगी प्रदेश के गन्ना और चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि पेराई सत्र दो हजार अट्वारह उन्नीस में राज्य के पश्चिमी और कव्य षेत्र के परिक्षेत्रों मेरठ सहारनपुर मुरादाबाद बरेली और लखनऊ की अविकांश चीनी मिलों ने पेराई का काम गुरू कर दिया है उन्होंने बताया कि इस वर्ष चीनी मिलों को जल्द पेराई शुरू करने के निर्देश दिये गये थे जिसके चलते अक्टूबर माह के अन्तिम सप्ताह में पेराई का काम शुरू हो गया था प्रदेश में ट्रेन के यात्री अब किसी भी घटना की शिकायत डॉयल हन्ट्रेड पर कर सकेंगे वे सौ नम्बर डॉयल कर एक पुलिस सहायता फायर ब्रिगेड तथा जीआरपी से सहायता प्राप्त कर सकेंगे प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने इस सेवा का श्मारम्भ लखनऊ में किया उन्होंने बताया कि राज्य में रेल यात्री सोशल मीडिया प्लेटफार्म मोबाइल ऐप वेबसाइट और एसएमएस के माध्यम से भी पुलिस सहायता ले सकते हैं इस डॉयल हन्द्रेड सहायता सेवा के अन्तर्गत यात्रियों की लोकेशन अपने आप पता चल जायेगी तथा आवश्यकतानुसार सहायता टीम उनके पास स्वयं पहुंच जायेगी संसद का शीतकालीन सत्र ग्यारह दिसम्बर से शुरू होगा और आठ जनवरी तक चलेगा गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया संसदीय कार्य राज्यमंत्री विजय गोयल ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक दोनों सदनों में पारित कराये जायेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की पच्चीस तारीख को आकारवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस बार की मन की बात विशेष है क्योंकि यह कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी होगी उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव पर गौर करना उनके लिए सुखद होगा उन्होंने नरेन्द्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगों से अपने विचार भेजने को कहा श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के लिए लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शुन्य शुन्य एक एक सात आठ शुन्य शुन्य पर और माई जी ओ वी डॉट आई एन पर अपने विचार मेज सकते हैं एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से सुझाव सीधे प्रधानमंत्री तक भेजे जा सकते हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों के त्वरित निपटारे के लिए एक हजार से अधिक विशेष अदालतों के गठन को मंजूरी दे दी है सरकारी विज्ञपि में बताया है कि विधि और न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को भेज दी है और निर्मया कोष से संबद्ध समिति ने इसे मंजरी दे दी है इन अदालतों के गठन पर सात सी सडसठ करोड रूपए से अधिक की लागत आएगी पहले चरण में नौ राज्यों में सात सौ सतहत्तर विशेष अदालतें बनाई जाएगी दूसरे चरण में शेष दो सौ छियालिस अदालतों का गठन किया जाएगा महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए तीन सदस्यों को नामित किया है उनके नाम हैं चन्द्रमुखी देवी सोसो शायजा और कमलेश गौतम इन सदस्यों का कार्यकाल तीन साल अथवा पैसठ वर्ष की आयु तक होगा मिर्जापुर में बेरोजगार युवओं को अपने कैरियर का चुनाव करने और उसके बारे में प्रशिक्षण देने के लिए मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना की जायेगी सेंटर की स्थापना के लिए केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रदेश सरकार को इक्कीस लाख चौतीस हजार रूपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की पहल पर खुलने वाले इस कैरियर सेंटर से बेरोजगार युवा ऑन लाइन भी काउंसिलिंग में भाग ले सकेंगे इस केन्द्र पर देशभर के जाने माने काउंसलर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुना जा सकेगा प्रदेश में कौशल विकास योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाये जाने का क्रम जारी है कन्नौज जनपद में आयोजित किये गये रोजगार मेले में तीन सौ पचास से अधिक युवाओं को रोजगार प्रात्त हआ है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य नागेन्द्र सिंह ने बताया कि इस मेले में सोलह कम्पनियों ने पंजीकृत नौ सौ सैतीस युवाओं का साक्षात्कार किया था जिनमें से तीन सौ पैसठ को नौकरी के लिए चयनित कर लिया गया है प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे और प्रतापगढ़ की कुंडा कियानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया ने कल नई राजनैतिक पार्टी बनाने की घोषणा कर दी लखनऊ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नई पार्टी के गठन के लिए चुनाव आयोग को तीन नाम भेजे गये हैं और औपचारिकतायें पूरी होते ही पार्टी का नाम तय हो जायेगा उन्होंने कहा कि जाति के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए मूल्य सर्म्थन योजना के तहत प्रदेश में खोले गए धान क्रय केन्द्रों के माध्यम से अब तक उन्तालिस हजार आठ सौ तिरसठ मीट्रिक टन धान किसानों से सीवे क्रय किया गया इस योजना से अब तक छः हजार एक सौ नौ किसान लामान्वित हुए हैं तथा किसानों को उन्हतर हजार नौ सौ पैंतीस करोड रूपये का भुगतान उनके खातों में सीधे किया गया है हापुढ़ के गढ़मुक्तेखर में ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णमा के मेले की तैयारियां जोरो पर है